यह दल राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा अधिकारिक जानकारी के अनुसार मंगलवार को आयोग का दल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक करेगा बताया जाता है कि आयोग का दल मतदाता सूचियों के प्रकाशन दावे आपत्तियों और ईवीएम मशीनों को लेकर राज्य में की गई तैयारियों की भी समीक्षा करेगा

इस महाकुंभ में प्रदेशभर से पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे पाटी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने आज भोपाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनआशीर्वाद यात्रा को भारी जनसमर्थन मिल रहा है उन्होंने बताया कि यह यात्रा पच्चीस सितम्बर के बाद भी जारी रहेगी श्री सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा चुनाव के लिये पूरी तरह तैयार है पार्टी राज्य में भारी बहुमत से चौथी बार सरकार बनायेगी इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता सांसद आलोक संजर विधायक रामेश्वर शर्मा ओर सुरेन्द्र नाथ सिंह ने आयोजन स्थल जम्बूरी मैदान पहुंचकर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया

कार्यकम का उद्देश्य बच्चों में भाषा कौशल उन्नयन पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों को पढ़ने समझने की रुचि विकसित करने और सह शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के बहु आयामी विकास को बढावा देना है कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले व्यक्ति शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शाला में जाकर बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ अन्य रुचिकर पुस्तकें पढ़ने के लिये प्रेरित करेंगे एक बार से अधिक उपस्थित होने वाले वॉलेंटियर्स शनिवार को स्कूल की साप्ताहिक बाल सभा के दौरान शैक्षिक गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं एशियन खेल जकार्ता में खेले जा रहे एशियन खेलों में मध्यप्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी जबलपुर की खिलाड़ी मुस्कान किरार ने वूमेन कम्पाउंड टीम इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है

इस अवसर पर जगह जगह चल समारोह निकाले जा रहे हैं और तालाबों में भुजरियों का विसर्जन किया जा रहा है राजधानी भोपाल के अलावा जबलुपर रीवा इन्दौर शिवपुरी उज्जैन और विदिशा में भी भुजरिया का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है

बैठक में विधानसभा चुनाव के लिये सम्भावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जायेगी

इस दल ने सात गांवों में पहुंचकर स्वच्छता गतिविधियों का जायजा लिया